गूर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बहाल जैसलमेर में आज से मरू महोत्सव की शुरूआत रोचक प्रतियोगिताएं हो रही आयोजित प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढाव के बीच ठंड का असर बरकरार

ऐसा पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानि सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा वापस लेने के बाद किया गया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने एक ट्वीट संदेश में यह जानकारी दी सीमा शुल्क बढ़ाने से भारत के लिए पाकिस्तान के निर्यात पर भारी प्रतिकूल असर पड़ेगा पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में ताजे फल सीमेंट पेट्रोलियम उत्पाद खनिज और अयस्क तथा संसाधित चमड़ा शामिल है उधर केन्द्र सरकार की ओर से कल नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों ने पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया

भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपने सभी जिला मुख्यालयों में आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के अमर जवानों को श्रद्वांजलि देने के लिए प्रार्थनासभा का आयोजन कर रही है पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बताया कि भाजपा के निर्वाचित सदस्य और पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे है गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के बाद अब प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर रेल और सड़क ्यातायात बहाल हो गया है सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुर्जर आंदोलनकरियो के हटने से इस मार्ग पर भी यातायात सुचारू हो गया है कल देर शाम इस मार्ग पर रेलगाड़ियां शुरू हो गई

गौरतलब है कि पिछले नौ दिनों से इस रेलवे ट्रैक पर सवाई माधोपुर के मलराना डूंगर में गुर्जर आंदोलनकारी आरक्षण की मांग को लेकर महापडाव डाले हुए थे

जैसलमेर में आज से तीन दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज हुआ इस अवसर पर सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई

पंचायतीराज विभाग अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली ग्राम पंचायतों में होने वाले कामों का महीने में दो बार आकस्मिक निरीक्षण कराएगा विभाग ने प्रदेश की सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त करने के निर्देश दिए है यह अधिकारी हर पखवाड़े में मनरेगा के कार्यो का मौके पर पहुंचकर जायजा लेगें और वीडियोग्राफी भी करवाएंगें साथ ही इस संबंध में स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेगें

चूरू जिले के जसरासर और बालासर गांव के बीच कल शाम एक निजी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई उधर धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बरेठा आरटीओ चैक पोस्ट पर एक बेकाबू कंटेनर की चपेट में आने से एक सिपाही सहित तीन लोगों की मौत हो गई पुलिस ने बताया कि यह हादसा कंटेनर के चालक को नींद आने के कारण हुआ उधर नागौर जिले के हरसोर के भकरी गांव के पास डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया

जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से लोकानुरंजन मेला आयोजित किया जा रहा है कल से शुरू हुए दो दिवसीय मेले में हरियाणा उतरांचल और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से अपने राज्य की संस्कृति का परिचय दिया

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढाव के बीच ठंड का असर बरकरार है